मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से राज्य सरकार और बॉर्डर रोड ऑगनाइर्जेषन बीआरओ के समझौते के मसौदे पर जल्द सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया है सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए झारखंड से मजदूरों को ले जाने के लिए बीआरओ को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है राज्य सरकार ने बीआरओ को इस संबंध में पत्र लिखा है जिसमें राज्य सरकार और बीआरओ के बीच समझौता किया जाएगा

बीआरओ के अधिकारी कामगारों की कुषलता के आधार पर उन्हें चयनित कर ले जा सकते हैं झारखंड में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर एक हजार एक सौ तैंतालीस हो गई है राज्य में चार सौ नब्बे मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सक्रिय केसों की संख्या छह सौ छियालीस है

इधर गिरिडीह जिले में एक दिन में ग्यारह कोरोना पॉजिटिव मिले हैं

उन्होंने बताया कि सभी कोरोना पॉजिटिव प्रवासी है

सभी स्थानों को सैनेटाइज़्ड किया जा रहा है

इनमें आठ मरीज बाघमारा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के हैं जबकि ग्यारह झरिया के हैं पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग ने दो हजार सैंपल जांच के लिए कोलकाता के एक निजी जांच लैब में भेजा गया था रिपोर्ट आने और कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद उन तमाम इलाकों को सेनेटाइज किया जा रहा है जहां से कोरोना के नए मरीज सामने आए है राज्य सरकार परीक्षण में तेजी लाने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है

राज्य के प्रधान स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि जिला परीक्षण केन्द्रों में ऐसी पचास और मशीनें लगाई जाएंगी

सरकार अगले सप्ताह से परीक्षण की दर दोगुनी करने का प्रयास कर रही है लॉकडाउन के कारण देष के विभिन्न राज्यों में फंसे झारखंड के प्रवासी कामगारों की वापसी का सिलसिला जारी है

रांची एयरपोर्ट पर मंत्री मिथिलेश ठाक्र और मंत्री बादल पत्रलेख ने उनका स्वागत किया सभी को उनके गंतव्य के लिए बस से रवाना कर दिया गया कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए गिरिडीह जिले के सरिया में पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया एसडीपीओ विनोद महतो ने नियमों का उल्लंघन करने वालो को बीमारी से आगाह किया और जिनके पास मास्क नहीं था उनके बीच मास्क वितरित किया

दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर जहां तक संभव हो कम से कम छह फुट की दूरी बनाए रखनी होगी मास्क लगाना या चेहरा ढकना अनिवार्य होगा लोगों को साबून से बार बार हाथ धोने होंगे अथवा अलकोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर इसका उपयोग आवश्यक रूप से करना होगा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

सभी के खिलाफ यह कार्रवाई खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने की है कार्रवाई के बारे में सरकार ने झारखंड पुलिस को जानकारी भेज दी है गौरतलब है कि मामले में हिन्दपीढ़ी थाना में अठ्ठारह लोगों के खिलाफ सात अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी इनमें चार महिला और तेरह पुरुष शामिल हैं पुलिस को छानबीन में यह जानकारी मिली थी कि इन सभी को यात्री वीजा जारी किया लेकिन वे स्थानीय प्रषासन और थाना को बिना सुचना दिये घ्रम घ्रम कर लोगों को एकत्रित कर धर्म प्रचार कर रहे हैं जांच के बाद सत्रह विदेषी नागरिकों को अलावा एक स्थानीय व्यक्ति के खिलाफ हिन्दपीढ़ी थाना में केस दर्ज किया गया था भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज चतरा विधानसभा क्षेत्र के पार्टी नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित किया श्री दास ने कहा कि कोरोना संकमण के फैलाव पर अंकुष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आहवान पर देषवासियों ने एकजुटता का प्रदर्षन किया उन्होंने कहा कि देष में पूर्ण तालाबदी के दौरान पार्टी कार्यकर्त्ताओं ने प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी में मदद और जरूरतमंद तथा गरीब परिवारों को भोजन उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी उन्होंने कहा कि देष को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया है देष की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए स्वदेषी जागरण अभियान चलाया जाएगा श्री दास ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर जरूरतमंद परिवार को अनाज महिला जनधन खाते में पांच पांच सौ रुपये की सहायता उज्ज्वला गैस कनेक्षनधारकों को आर्थिक सहायता और अन्य पेंषन योजनाओं का लाभ देने का काम किया है देश का पहला ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर आज से फिर से खुल गया है

ट्रस्ट ने श्रद्वालुओं के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं इन दिशानिर्देशों के अनुसार मास्क पहनना सभी भर्क्तो के लिए अनिवार्य है

दमका विधानसभा सीट पर अगले माह उपचनाव होने की संभावनाओं को देखते हए राजनीतिक सक्रियता बढ़ गयी है

वरिष्ठ चिकित्सक और परामर्शदाता अवधेश शर्मा परिचर्चा में भाग लेंगे श्रोता स्ट्रडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं

केन्द्रीय संस्कृति मंत्री ने कहा कि इन स्मारकों में गृह मंत्रालय से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा

मौसम विभाग केन्द्र के निदेषक डा एस डी कोटाल के अनुसार कल से तीन दिन तक राज्य में सामान्य बारिष के साथ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी सिंहभूम और साहेबगंज होकर मॉनसून झारखंड में प्रवेष करेगा और अब संक्षिप्त खबरें जम्मू कष्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में चार आतंकवादी मारे गए हैं कल जिले के रेबान इलाके में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिद्दीन के पांच आतंकवादियों को मार गिराया गया था

विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ महतो ने आज पौधरोपण किया नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि विदेशी नागरिकों की यात्रा पर लगी पाबंदियां जैसे ही खत्म होंगी नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन फिर से शुरू करने का फैसला लिया जाएगा उन्होंने कहा कि गंतव्य देशों को अपने यहां आने वाली उड़ानों को अनुमति देने के लिए तैयार रहना होगा श्री पुरी ने कहा की विश्व स्तर पर स्थिति सामान्य नहीं है